भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ही नहीं बल्कि पहले की सरकारों ने भी समय समय पर कृषि क्षेत्र में सुधारों के प्रयास किए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कृषि क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों पर विरोधी दलों का यू टर्न केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारे पहले ही इस तरह के कृषि सुधारों को लागू कर चुकी हैं प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए कृषि कानून किसी भी तरह से कृषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे

अजमेर नगर निगम में भाजपा के नीरज जैन उप महापौर चुने गये हमारे प्रतापगढ़ संवाददाता ने बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद के उपाध्यक्ष के लिये मुकाबला इस समय रोचक हो गया जब परिणाम भाजपा और कांग्रेस पार्षद के बीच टाई हो गया लॉटरी निकालकर हुए फैसले में कांग्रेस के सेवंती लाल चंडालिया उपाध्यक्ष चुने गये झालावाड नगर परिषद में भाजपा और बूंदी में कांग्रेस का उप सभापित बना है

बांसवाडा के कुशलगढ में भाजपा के और जालोर के सांचोर में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे झालावाड के तीन निकायों में भाजपा के और दो में कांग्रेस पार्षद उपाध्यक्ष चुने गये

उन्होंने आह्वान किया है कि साझा सांस्कृतिक विरासत को माध्यम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को सही मायनों में साकार करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए राज्यपाल आज राजभवन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष के तौर पर परिषद के शाषी निकाय और कार्यकारी निकाय की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे

सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉ रमन शर्मा इस चर्चा में भाग लेंगे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

कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई वहीं कहीं कहीं गिरावट भी आई

इसमें दुर्घटना होने की रिथिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई